प्रदेश में लोक अदालतों के जरिए कल स्लझाए गए वर्षों से लंबित मामले

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि य्वाओं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की जानी चाहिए

कानन जागरुकता कृषि कानून को लेकर दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब भाजपा भी किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष विष्ण्दत शर्मा सहित केन्द्रीय मंत्रीगण और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मेलनों को संबोधित कर किसानों को कृषि बिल के लाभ और विपक्षी दलों दवारा थालाएं जा रहे भ्रम को द्र करेंगे

इसी दिन उज्जन्न में संभागीय किसान सम्मेलन को केन्द्रीय मंत्री थावरचन्द गेहलोत संबोधित करेंगे

इसी प्रकार ग्वालियर में चंबल और ग्वालियर संभाग के किसान सम्मेलन को केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे तोमर कृषि कानून केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा हथ कि सरकार किसानों का समग्र विकास स्निश्चित करने और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सुधारों का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया हण देश में किसानों का डेटा बैंक बनाने के मुददे पर उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मुदा स्वास्थ्य और बाढ़ की जानकारी देने और खेतिहर भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाएगा कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी को लाभकारी बनाना चाहती हप्र ताकि किसानों के लिए लाभ की गारंटी हो

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में कृषि ढांचा खड़ा करने पर एक लाख करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं

यह लोग अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की गई इनमें आपसी सुलह मशविरे के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया गया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

जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को स्नकर मौके से उनका निराकरण किया